श्री संजीव कुमार ने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है

उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने संक्रमण के कारण टिकट रद्द कराने का शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है

स्वास्थ्य मत्रांलय ने कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति में राज्य आयोजकों को पर्याप्त सतर्कता और ऐहतियाती उपाय बरतने को कहें मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञों ने इस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए भीड़भाड़ से बचने का परामर्श दिया है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिये राज्य में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की संघन स्क्रीनिंग की जा रही है केन्द्रीय अधिकारियों के साथ आज हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर सीएमएचओ और पीएमओ से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है प्रदेश में रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जा चुका है

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि पॉजिटिव पाये गये दोनों मरीजों का उपचार किया जा रहा है उनकी हालत पहले से बेहतर है उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों से भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं

इसके चलते सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित करनी पड़ी विधायक वासुदेव देवनानी के तारांकित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि किसानों को फसल का बीमा मिले इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है तथा राज्यअंश शीघ्र ही बीमा कम्पनी को जमा करा दिया जायेगा

इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य वैल में आ गये जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कृषि मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि किसानों के हित के साथ समझौता नहीं किया जायेगा और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा

प्रदेश की ये सीटे सांसद नारायण लाल पंचारिया राम नारायण डूडी और विजय गोयल का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हुई है

आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गर्यी है

आकाशवाणी केन्द्र में आयोजित इस कार्यकम में मुख्य वक्तव्य देते हुए जयपुर मण्डल की प्रबंधक मंजूषा जैन ने कहा कि अपने ऊपर भरोसा और सामंजस्य स्थापित कर महिलाए सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रही हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं की सफलता पूरे परिवार की सफलता होती है कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉ आभा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को लेकर समाज को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है उन्होंने कहा कि टीम वर्क और खूद पर भरोसा रख महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ सकती हैं पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि सम्मेलन में महिला विषयक विभिन्न मुददों पर सार्थक चर्चा हई

कई जगह तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई जयपुर में दोपहर में तेज़ बरसात हुई श्रीगंगानगर चूरू जोधपुर बाड़मेर झुंझुनू सहित कई जिलों से बारिश के समाचार हैं वहीं भरतपुर में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरेक जिले के कामा क्षेत्र में कई स्थानों से बिजली गिरने की सूचना है

इस बीच कल की ओलावृष्टि और बारिश से विभिन्न जिलों में फसलों को नुकसान होने की खबरें मिल रही है